इकहत्तर सीटों के लिए एक हजार पांच सौ संतावन प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में

स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव छह नौ प्रतिशत

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण में आठ मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है पहले चरण में एक हजार पांच सौ संतावन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में सबसे अधिक इकतीस प्रत्याशी टिकारी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वहीं सबसे कम आठ उम्मीदवार कटोरिया सीट से मैदान में हैं एनडीए से जदयू के पैंतीस भाजपा के उनतीस हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के छह विकासशील इंसान पार्टी के एक और महागठबंधन से राजद के बयालीस कांग्रेस के तीस तथा भाकपा माले के आठ प्रत्याशी मैदान में हैं इसी तरह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तैंतालीस लोक जनशक्ति पार्टी के बयालीस और बहुजन समाज पार्टी के सत्ताईस उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस चरण में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शैलेश कुमार जय कुमार सिंह रामनारायण मंडल विजय कुमार सिन्हा बृजकिशोर बिंद और संतोष कुमार निराला शामिल हैं इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी पूर्व मंत्री विजय प्रकाश और भगवान सिंह कुशवाहा के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता करेंगे इस बीच पहले चरण के प्रचार के लिए सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के अंतिम प्रयासों में लगे हैं जनसभाओं और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है उम्मीदवार घर घर जाकर भी प्रचार कर रहे हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाईट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार शरीफ में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी सत्ता में रहते अपहरण उद्योग चलाते थे और आज रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के पास ना रोड़ मैप है और ना ही कोई विजन

जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर और दरमंगा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे समाज के विमिन्न वर्गो को एक करने में लगे हुए हैं जबकि विपक्षी समाज को बांटने में जुटे हुए हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने नवादा की रैली में कहा कि यदि उनके गठबंधन की सरकार बनी तो जीविका के लिए पूरी महिलाओं का मानदेय चार हजार रूपये प्रति माह कर दिया जाएगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैमूर में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ आम लोगों में गुस्सा है और सत्ता परिवर्तन तय है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने रोहतास के चिनारी में आरोप लगाया कि रोजगार और खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण राज्य के लोग पलायन करते हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल इधर आज भी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का व्यस्त कार्यक्रम है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबाद और प्रर्णियां में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रर्णियां में भाजपा अध्यक्ष के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे वहीं पार्टी की वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल वारिसलीगंज बोधगया और शाहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और सांसद रवि किशन रजौली नवीनगर दिनारा और बक्सर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सकरा महुआ और महनार में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज भागलपुर खगड़िया समस्तीपुर बेगूसराय और वैशाली जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तेरह चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पहले चरण के तहत जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें से बहुत से क्षेत्र नक्सल प्रभावित और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं इन क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नक्सल प्रभावित और दियारा को क्षेत्रों में लगातार हवाई गश्त की जा रही है चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर बिहार में स्वतंत्र शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की हमारे संवाददाता ने बताया कि उप निर्वाचन आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार और आशिष कुंद्रा के नेतृत्व में आई टीम ने वैशाली पूर्वी चम्पारण और मध्रबनी जिले का दौरा किया टीम ने सुरक्षा व्यवस्था और कोविड उन्नीस से बचाव के लिए किये जा रहे एहतियाती उपायों सहित अन्य मुद्दों की गहन समीक्षा की साथ ही टीम ने प्रेक्षकों के साथ भी बैठक की आयोग की टीम ने चुनाव तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया निर्वाचन आयोग की टीम के साथ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी मौजूद थे चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्रीनारायण सिंह की हत्या के बाद भी चुनाव तय समय पर होंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि आयोग ने पूरे मामले की समीक्षा की है जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार की हत्या होने पर ही चुनाव कार्यक्रम में बदलाव होता है जबकि निबंधित राजनीतिक दलों के प्रत्याशी की हत्या होने पर ऐसी व्यवस्था नहीं है उन्होंने बताया कि श्रीनारायण सिंह जिस पार्टी के उम्मीदवार थे वह सिर्फ मान्यता प्राप्त दल है इसलिए चुनाव अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे

जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है उनमें पश्चिम चम्पारण बांका और बक्सर जिले के नेता शामिल हैं और इनमें से कई महागठबंधन उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं कैमूर जिले के उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों के जवानों ने एक व्यक्ति को तीन बम और एक डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया है प्रलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने बताया कि चांद थाना क्षेत्र के इलिया गांव से ये गिरफ्तारी हुई है उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते की मदद से विस्फोटक सामग्रियों को निष्क्रिय कर दिया गया है अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला

जिले की दोनों सीटों पर पहले चरण में अट्ठाईस अक्तूबर को मतदान संपन्न होंगे अरवल निर्वाचन क्षेत्र में इस बार उम्मीदवारों की संख्या अधिक है यहां से कुल तेईस प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं

पूर्व विधायक चितरंजन कुमार के नाराज रहने से इस सीट पर चुनावी परिणाम पर प्रमाव पडने की संभावना है वहीं भाकपा माले के महागठबंधन में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी जीती हुई सीट को छोड दिया है भाकपा माले ने दो हजार दस के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे महानंद सिंह को अरवल सीट से उम्मीदवार बनाया है उन्नीस सौ नब्बे से अब तक के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने दो दो बार अरवल की सीट पर जीत हासिल की है जिले की दूसरी सीट कुर्था है यहां जदयू ने मौजूदा विधायक सत्यदेव सिंह को दोबारा मौका दिया है जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व मंत्री बागी कुमार वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है एनडीए से अलग हुई लोजपा ने भुवनेश्वर पाठक को प्रत्याशी बनाया है दो हजार पांच से पिछले चुनाव तक जदयू लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है जिले की दोनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और पप्पू यादव के नेतृत्व वाले जन अधिकार पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चंद्रभूषण कुमार विजयदशमी और दशहरे का पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है यह दिन अहंकार की पराजय तथा बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है मान्यता है कि नौ दिन के नवरात्र अनुष्ठान में शक्ति उपासना के बाद भगवान राम ने विजयदशमी पर रावण का वध किया था इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं कोविड के कारण इस बार सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है इधर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है अब तक दो लाख नौ सौ बीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव छह नौ प्रतिशत है यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव छह नौ प्रतिशत अधिक है स्वस्थ होने की दर बढ़ने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आयी है वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार दो सौ बाईस है कल कोविड के सात सौ उनचास नये मामलों की पुष्टि हुई जो पिछले एक महीने की अवधि में सबसे कम है वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार उनचास लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच करवाने की अपील की है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य एवं जनकल्याण नाम की एक संस्था बनायी गयी है जो विभिन्न पदों पर नियुक्ति कर रही है पीआईबी ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि सरकार ने इस तरह की संस्था का गठन नहीं किया है और यह खबर पूरी गलत है

इकहत्तर सीटों के लिए एक हजार पांच सौ संतावन प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में

स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव छह नौ प्रतिशत